प्रधानमंत्री आज सुबह अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ मंदिर की सौंदर्यीकरण योजना और मंदिर से गंगा के घाट तक चौड़े रास्ते का शिलान्यांस किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस नये माग के निर्माण में हमारे शास्त्रों में वर्णित सभी मानकों और नीतियों का ध्यान रखा गया है बाइट ये काशी विश्वनाथ महादेव करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आस्था का स्थान है लोग काशी आते हैं उसका मूल कारण काशी विश्वनाथ महादेव के प्रति अपार श्रद्दा है उस आस्था को बल मिलेगा हमारे मंदिरों की रक्षा कैसे हो व्यवस्था कैसे हो उसका एक मॉडल तैयार होगा पुरातत्वीय चीजों को बचाये रखते हुए उसकी आत्मा को वैसे ही बरकरार रखते हुए आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है इसका एक बहुत ही अच्छा मिलन इस परिसर के निर्माण कार्य में दिखाई देगा

इस पूरे परिसर को अब काशी विश्वनाथ धाम के नाम से जाना जायेगा

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कानपुर पहुंचे जहां उन्होंने अपने वादे को दोहराते हुए कहा है कि दो हजार बाईस तक देश में कोई भी व्यक्ति बेघर नहीं रहेगा

एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अब तक देश में डेढ़ करोड़ से ज्यादा आवास बनाये जा चुके हैं और उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद इन आवासों के निर्माण की गति में तेजी आई है

श्री मोदी ने कश्मीरी लोगों पर हमले की घटनाओं की निन्दा करते हुए कहा कि देश में एकता भाईचारे और सौहार्द की जरूरत है हम लोग आतंकवाद पर एकता के आधार पर ही जीत हासिल कर सकते हैं उन्होंने कश्मीरी लोगों पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई करने की सराहना की प्रधानमंत्री ने आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक को लेकर विपक्षी दलों की बयानबाजी की निन्दा की उन्होंने कहा कि आतंकवाद को परास्त करने के लिये भाईचारा जरूरी है

उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर पड़ोसी मुल्क रंगेहाथ पकड़ा गया है और पाकिस्तान पर पूरी दुनिया का दबाव है श्री मोदी ने कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा नदी को नमामि गंगे मिशन के तहत स्वच्छ करने के लिये उनकी सरकार प्रतिबद्ध है बिजली के क्षेत्र में उपलब्धियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कानपूर क्षेत्र में डेढ़ लाख से अधिक घरों को बिजली कनेक्शन दिये जा चुके हैं और किसानों को भी पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है

इससे जो बिजली बनेगी वह आधे से भी कम कीमत में उपलब्ध हो पायेगी हमारी सरकार उद्योगों के साथ साथ सामान्य लोगों को यूपी के हर जिले में बिजली व्यवस्था सुधारने पर जोर दे रही है किसानों और सामान्य जनों को पर्याप्त बिजली मिल पाये इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी

श्री मोदी ने कानपुर के उद्योगों को बढावा देने की परियोजनाओं का भी शुभारम्भ किया इसके अलावा उन्होंने आगरा में मेट्रो रेल परियोजना के लिये भी आधारशिला रखी

श्री मोदी ने चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट स्टेशन से लखनऊ मेट्रो को वीडियों लिंक के जरिये हरी झंडी दिखाई इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यटन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप पुरी प्रदेश के मंत्रियों के साथ लखनऊ में मौजूद थे प्रधानमंत्री ने गाजियाबाद में मेट्रो रेल के विस्तारीकरण हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर एयरपोर्ट टर्मिनल और अमृत योजना के तहत सैंतीस हजार एक सौ बीस पेयजल गृह संयोजन सहित अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण किया इसके अलावा गाजियाबाद में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आउटर रिंग रोड के प्रथम चरण सीवरेज योजना ओर गौशाला के सुदृढ़ीकरण सहित अनेक परियोजनाओं की आधारशिला रखी इसके बाद श्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए देश की मजबूती और तरक्की के लिये उठाये गये कदमों की जानकारी दी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

आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है विश्वभर में सरकारें गैर सरकारी संगठन और अन्य संस्थाएं महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष आठ मार्च महिला दिवस के रूप में मनाती हैं

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशष रूप से भारत की बेटियों को बधाई दी है जिन्होंने अपनी सफलता के माध्यम से राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि महिलाएं समाज और देश को बदलने की ताकत रखती हैं ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं हैं जहां उनका योगदान न हुआ हो वे आज वाराणसी में पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि महिलाएं रक्षा स्वास्थ्य और क्रषि जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं बाइट आज जो काम कर रही हैं उससे अपने परिवार को तो सहारा दे ही रही हैं देश को भी समृद्धि की तरफ ले जा रही हैं ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं का योगदान न हो उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामला सहमति के लिए मध्यस्थता पैनल को सौंप दिया है तीन सदस्यों के पैनल की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एफएम कलीफुल्ला करेंगे इसके अन्य सदस्य हैं आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रवि शंकर तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पांचू न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मध्यस्थता प्रक्रिया फैजाबाद में होगी और यह एक सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगी न्यायालय ने निर्देश दिया कि मध्यस्थता पैनल चार सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट दायर करेगा और समूची प्रक्रिया आठ सप्ताह के भीतर पूरी हो जानी चाहिए